आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश में घरेलू विमान सेवा आज से फिर शुरू हो गई है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम हवाई अड्डों से उड़ानें कल से और पश्चिम बंगाल से सीमित सेवा ब्रहस्पतिवार से शुरू होगी

तमिलनाडु में अन्य हवाई अड्डों के लिए उड़ानें देश के अन्य भागों की तरह संचालित होंगी नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में मुंबई से सीमित उड़ानों का परिचालन होगा कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण देश में विमान परिचालन दो महीने पहले रोक दिया गया था भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना और यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप का होना अनिवार्य है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ हवाई अड्डे में टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश के पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई उड़ान सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह और वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे से आज घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गयीं इस दौरान यात्रा के नियमों के लिए जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन किया गया यात्रियों ने विमान सेवाओं के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से डिस्पैच लॉकडाउन के चौथे चरण में आज से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई लगभग दो माह बाद निजी एयरलाइंस के कई विमान बाबतपूर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अन्तरष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे

एयरपोर्ट के निदेशक आकाशदीप और सीआईएसएफ के कमांडेट सुब्रत झा की मौजूदगी में यात्रियों के बैग और अन्य सामानों को सैनिटाइज किया गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यात्री लाउंज से बाहर निकल कर अपने गतंव्य की ओर रवाना हो गये मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय विमान सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट संदेश में कहा कि इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्वतीय राज्यों द्वीपों और अन्य छोटे मार्गों वाली उड़ानों को प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इन उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी मंत्रालय ने कहा कि पांच सौ किलोमीटर तक की दूरी वाले और सभी ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर मार्गों और आर्थिक रूप से लाभकारी मार्गों पर उड़ान की अनुमति दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से सभी कामगारों और श्रमिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक राज्य वापसी के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों को रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है उन्होंने इस आयोग के गठन की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाईयों के साथ साथ निर्माण श्रमिकों तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना व विश्वकर्मा श्रम सम्मान याजना से जुड़े परम्परागत कामगारों का एक डाटा बैंक तैयार करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से कामगारों और श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिये

इससे प्रदेश में निर्मित इन वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला चिकित्सालयों मेडिकल कॉलेजों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों को ट्रूनैट मशीन उपलब्ध कराई जाये मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिला चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेजों मे भर्ती मरीजों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कहा उन्होंने आम के निर्यात के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शौर्य चक विजेता शहीद कैप्टन राकेश शर्मा के जनपद मथुरा स्थित गांव भरनाकला को जोड़ने वाले गोवर्धन छाता मार्ग का नाम कैप्टन राकेश शर्मा के नाम पर किये जाने की अनुमति दी है

मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ जनपद स्थित श्री भगवानदीन दुबे इन्टर कॉलेज तक जाने वाले मार्ग का नामकरण पंडित भगवानदीन दुबे मार्ग किये जाने को भी अनुमति प्रदान की है शामली जिले ने रबी विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में गेंहू खरीद में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है

ईद उल फित्र का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लॉकडाउन के कारण मस्जिदों में नमाज अदा करना संभव न होने के कारण लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद उल फित्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने ईद के त्यौहार को प्रेम शांति भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया है

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा कि ईद का त्यौहार समाज में दया दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह पर्व करुणा भाईचारे और सदभावना का संदेश देता है उन्होंने इस अवसर पर लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की प्रदेश में भी ईद का त्यौहार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया इस मौके पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई लोगों ने घरों में ईद की नमाज पढ़ी प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में कुछ मौलानाओं की मौजूदगी में नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और कोरोना जैसी महामारी से बचाने की दुआ मांगी और जानकारो हमारे लखनऊ संवाददाता से डिस्पैच इतनी बंदिशों वाली ईद पहली बार प्रदेश के लोगो की जिंदगी में आई है जिन बाजारों में चांद रात को पैर रखने की जगह नहीं रहती थी उनमें दुकानों पर ताले लटके रहे और और बच्चों के दिलों में भी उस ईदी के कम हो जाने का अफसोस है जो ढेर सारे रिश्तेदारों के ईद के मौके पर घर आने पर मिलती थी सोशल डिस्टेंसिंग की रस्म पर अमल करते हुए कल चांद दिखने के बाद प्रदेश में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी फोन पर दी और घर की छतों पर पटाखे फोड़ कर खुशी का इजहार किया लखनऊ में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा क्योंकि वरिष्ठ मुरिलम धर्मगुरुओं ने लोगों को घरों के अंदर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी थी सभी प्रमुख धर्मग्रुओं ने लोगों से ईद के मौके पर बधाइयां देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और घर पर रहकर ही दुआ करने की अपील की थी पुलिस ने भी कई राहरों में पलैग मार्च कर के लोगों से घरों में रहने की अपील की सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कुशीनगर जौनपुर वाराणसी कानपुर देहात चित्रकूट अमरोहा पीलीभीत बागपत और बिजनौर सहित सभी जिलों में ईद का त्यौहार हर्ष और सौहार्द के माहौल में मनाया जा रहा है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मस्जिदों एवं ईदगाहों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जौनपुर में शिया समुदाय के लोगों ने ईद की विशेष नमाज ऑनलाइन अदा की